ये फैसला आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया बैठक में लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि महामारी के दौरान बाहरी राज्यों से वापिस लौटै हजारों लोगों की कार्यकुशलता के मुताबिक रोजगार व स्वरोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि विकास कार्यो पर राज्य सरकार द्वारा खर्च तीव्र किया जाएगा और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाया जाएगा

कोरोना महामारी के चलते राज्य के किसानों बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए हर संभव सहायता के लिए प्रयासरत है

इसी तरह कराधान लाईसेंस शुल्क को भी माफ कर दिया जाएगा और बॉर का लिफिंटिंग कोटा प्रो राटा के आधार पर होगा सरकार हिमाचल पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर निगम को भी सहायता प्रदान करेगी

राज्य की अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा

वीरभद्र सिंह का कहना है कि देश और प्रदेश आज गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और कांग्रेस पार्टी उससे उभरने के लिए मजबूती से सरकार का साथ दे रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कांग्रेस के सुझाव पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर जनहित में काम करना शुरू कर देना चाहिए वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार की वाणिज्यिक व व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ कृषि बागवानी पर भी व्यापक असर पड़ा है वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अस्त व्यस्त होकर रह गई है जिससे आम आदमी का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है वीरभद्र सिंह ने राज्य सरकार को उच्च स्तरीय आर्थिक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव भी दिया

इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से पांच पांच सौ रुपये की तीन किस्तें दी जानी हैं

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिलों के उपायुक्त दुकानों में सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेगें उन्होंने कहा कि इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण व हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेगी जबकि नाई की दुकानें स्पा और सैलून पहले की तरह बंद रहेंगे प्रवक्ता ने बताया कि ढावे मिठाईयों की दुकानें और रेस्तरां को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई कोरोना अपडेट पूरा देश जहां कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं वहीं हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है वर्तमान में राज्य में केवल दो कोरोना संक्रमित मरीज रह गए हैं जिसमें सिरमौर और ऊना ज़िला से एक एक कोरोना संक्रमित मरीज उपचाराधीन हैं

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में लोगों से भगवान श्री कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है

पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री से ग्रीन जोन क्षेत्र में अन्य दुकानों सहित हलवाई व बेकरी की दुकानों को खोलने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इस दौरान दुकान के बाहर सामाजिक दूरी मास्क लगाने और सैनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी सुरेश भारद्वाज ने यूनियन के सदस्यों को नियमों के अनुसार हर संभव सहायता का आश्वासन दिया